लोकसभा चूनाव के पांचवे से अंतिम चरण के लिये प्रचार अभियान चरम पर

सीबीएसई ने बारहवीं के नतीजों की घोषणा की

और पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

सातवें और अंतिम चरण के तहत प्रदेश के आठ लोकसभा क्षेत्रों के लिये नाम वापसी की समय सीमा आज समाप्त हो गयी राज्य निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना साहिब पाटिलपुत्र और बक्सर लोकसभा क्षेत्रों से एक एक उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लिया है नाम वापसी के बाद अब इन क्षेत्रों में एक सौ उनसठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं सबसे अधिक पैंतीस उम्मीदवार नालंदा लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं वहीं काराकाट से सताईस पाटिलपुत्र से पच्चीस पटना साहिब से अठारह बक्सर और सासाराम से पंद्रह पंद्रह जहानाबाद से तेरह और आरा से ग्यारह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं डिहरी विधानसभा उपचुनाव के लिये भी एक महिला उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है उपचुनाव के लिये बारह उम्मीदवार मैदान में हैं इन क्षेत्रों में उन्नीस मई को मतदान होना है पांचवे से लेकर अंतिम चरण के लोकसभा चुनाव के लिये प्रचार अभियान चरम पर है एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार चुनावी रैलियां और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं एनडीए के नेता जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की उपलब्धियों के आधार पर लोगों से समर्थन की अपील कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के नेता केन्द्र सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए सत्ता परिवर्तन के लिये लोगों से वोट मांग रहे हैं इस सिलसिले में आज जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के सुरसंड में एनडीए प्रत्याशी सुनील कुमार पिंटू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद से उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला सभा को संबोधित करते हुए लोजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति पथ पर अग्रसर है जदयू अध्यक्ष ने हाजीपूर के महुआ में लोजपा उम्मीदवार पशुपति कुमार पारस के समर्थन में भी चुनावी सभा को संबोधित किया इधर चुनाव अभियान पर रवाना होने से पूर्व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने पटना हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करना नरेन्द्र मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि है राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के लालगंज में महागठबंधन उम्मीदवार शिवचंद्र राम के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से देश और संविधान की रक्षा के लिये मतदान की अपील की लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के रून्नीसैदपुर में महागठबंधन उम्मीदवार अर्जुन राय के पक्ष में चुनावी रैली की दूसरी तरफ राजद की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवार मीसा भारती के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया भाजपा उम्मीदवार और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब और रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया वहीं केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बक्सर और आरके सिंह ने आरा लोकसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से अपने पक्ष में समर्थन की अपील की प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक आठ करोड़ चौवन लाख से अधिक की नकदी जब्त की गयी है पुलिस और आयकर विभाग के धावा दलों तथा उड़न दस्तों ने वाहन जांच और तलाशी अभियान के दौरान यह सफलता पायी है वहीं भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और सुरक्षा बलों ने उनचास लाख रूपये से अधिक मूल्य की नेपाली करेंसी जब्त की है वहीं सतहत्तर हजार लीटर से अधिक शराब भी बरामद की गयी है गौरतलब है कि कालाधन और शराब के दुरूपयोग की आशंका को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है लोक सभा चुनाव के पांचवें चरण में छह मई को सीतामढी संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जायेंगे इस क्षेत्र से कुल बीस उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं

वहीं अमित कुमार उर्फ माधव चौधरी चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में लगे हुए हैं पिछली बार जीत हासिल करने वाले सांसद रामकुमार शर्मा टिकट नहीं मिलने से चुनावी मुकाबले से बाहर है

ऐन नामांकन से पहले जदयू के पूर्व घोषित प्रत्याशी डाक्टर वरुण कुमार मैदान से हट गये

सिंचाई की समस्या मजदूरों का पलायन लंबी दूरी की रेलगाड़ी का परिचालन नहीं होना स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था यहां की मुख्य समस्याएं हैं लेकिन चुनावी मुद्दों में शुमार नहीं हो सके यहां प्रत्याशी अपनी जीत के लिए सामाजिक समीकरण को साधने में लगे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढी से राजेश कुमार सीबीएसई ने बारहवीं के नतीजों की घोषणा कर दी है ये नतीजे बोर्ड की वेबसाइट सीबीएसई डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध हैं इस बार की परीक्षा में तेरासी दशमलव चार प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है लगभग तेरह लाख विद्याथियों ने इस बार परीक्षा दी थी पटना जोन से छियासठ दशमलव सात तीन प्रतिशत छात्रों को सफलता मिली है इनमें छिहत्तर प्रतिशत से अधिक लड़कियां और साढ़े इकसठ प्रतिशत से अधिक लड़के हैं सीबीएसई ने पहली बार परीक्षा समाप्त होने के एक महीने के भीतर रिजल्ट जारी किया है पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है गर्मी के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है कई स्थानों पर अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है रोहतास जिले का डिहरी आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान पैंतालीस डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना का अधिकतम तापमान उनतालीस दशमलव चार गया का उनतालीस दशमलव एक भागलपुर का छत्तीस दशमलव आठ और पूर्णिया का पैंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया वहीं वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है इधर रोहतास औरंगाबाद और गया सहित प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान फोनी के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर अगले चौबीस घंटों के दौरान आंधी के साथ बारिश की सम्भावना है मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित छात्र नेता शमीम हत्याकांड मामले में जिले की एक अदालत ने दो अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी है मामले में दोषी पाये गये अनिल ओझा और रामकुमार ने वर्ष दो हजार तेरह में आपसी विवाद के बाद विश्वविद्यालय परिसर में शमीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में जाली नोटों के साथ गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के जुल्कर शेख के खिलाफ पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर कुमार की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है अररिया जिले के फारबिसगंज थाना क्षेत्र स्थित डाक हरिपुर गांव में स्थानीय लोगों ने एक मवेशी चोर की पीट पीटकर हत्या कर दी सीतामढ़ी से पुलिस ने कुख्यात राकेश झा को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है उस पर जिले के विभिन्न थानों में मामले दर्ज हैं खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र स्थित माली चौक के पास से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक सौ बत्तीस कार्टन शराब बरामद की है वैशाली जिले के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र के कुआरी गांव से पुलिस ने पांच अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है

लोकसभा चुनाव के पांचवे से अंतिम चरण के लिये प्रचार अभियान चरम पर

सीबीएसई ने बारहवीं के नतीजों की घोषणा की

और पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी